प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में देशभर में मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह

मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर धार खंडवा और खरगोन जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है कर सुविधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समय पर ईमानदारी से कर देने वालों को न केवल सम्मानित किया जाये बल्कि उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाये श्री चौहान ने कल भोपाल में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनावश्यक खर्चो को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास किये जाने चाहिए उन्होंने भाभा शाह पुरस्कार फिर से चालू करने और कर चोरी सख्ती से रोकने के भी निर्देश दिये

मोदी जन्म दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर आज देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किये जायेंगे इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा राष्ट्रव्यापी सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ता गरीबों और जरूरतमंदों तक पहॅचकर उनकी मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सेवाभावी कार्यक्रम किये जा रहे हैं इस दौरान र्लागों को गरीब हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दूरदर्शी और वैश्विक नेता है उनके नेतृत्व में भारत न केवल चहमुखी प्रगति कर रहा है बल्कि उनके नेतृत्व में नये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नीव रखी गई है जावडेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत ने पर्यावरण वन और वन्यजीवों के संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का हवाला देकर मध्यप्रदेष के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई थी शासन की ओर से कहा गया कि कोरोना के मरीजों के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता एक राज्य के मरीजों को ऑक्सीजन मिलती रहे जबकि दूसरे राज्य के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जाए यह ठीक नहीं है डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद ऑक्सीजन रोके जाने के आदेश को स्थगित कर दिया गरीब कल्याण सप्ताह प्रदेश में कल से गरीब कल्याण सप्ताह की शुरूआत की गई है

इस दौरान आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जायेगा और एक लाख दस हजार लाड़ली लक्ष्मी को उनसे संबंधित खाते में एक क्लिक के माध्यम से राशि जमा कराई जायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री माताओं से भी संवाद करेंगे

इसके तहत इंदौर जिले में भी कुपोषण के खिलाफ पोषण के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कम में आज शहर के रवीन्द्र नाट्य गृह में पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसमें अनेक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे गौरतलब है कि पोषण अभियान भारत सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है इसका उद्देष्य देष में एनीमिया और क्पोषण की दर में कमी लाना है जिले में पोषण अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए नागरिकों के साथ साथ पंचायती राज संस्थान और नगरीय निकाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है

मौसम प्रदेश में कल इंदौर उज्जैन भोपाल और सागर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है

मौसम केन्द्र ने आज सागर जबलपुर भोपाल इंदौर उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने वहीं बुरहानपुर धार खंडवा और खरगोन जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है

इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे